आयुर्वेद दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि समूची मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है गुजरात के जामनगर और राजस्थान के जयपुर में निर्मित अत्याध्निक आयुर्वेदिक संस्थानों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि आयुर्वेद के ज्ञान को ग्रंथों शास्त्रों और नुस्खों के दायरे से बाहर निकाला जाना चाहिए और इस प्राचीन ज्ञान को आध्रनिक आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जाना चाहिए

यह राज्य इस वर्ष चक्रवात बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित हुए थे

श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियमित मास्क पहनें दो गज की दूरी बनाएं रखें और बार बार साबुन से हाथ धोएं

वहीं लोग प्रधानमंत्री की अपील पर अमल करते हुए स्थानीय उत्पादों की खरीददारी कर रहे हैं रोशनी का पर्व दीपावली कल धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जाएगा

जिला प्रशासन ने कोरोना संकमण के चलते इस मेले पर प्रतिबंध लगा दिया है कलेक्टर संजय कुमार ने मेले में आने वाले लोगों से अपील की है कि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है

बुंदेलखंड के ग्रामीणों इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है मौसम वैज्ञानिकों ने प्रदेश में आने वाले दिनों में तेजी से ठंड बढने उम्मीद जताई है इसके साथ ही कुछ स्थानों पर बारिश की भी संभावना है जिससे ठंड का असर ओर तेज हो जाएगा राजधानी भोपाल में पिछले तीन दिनों लगातार पारा गिरता जा रहा है

अगले कुछ दिनों में राजधानी भोपाल सहित रायसेन विदिशा सागर दमोह टीकमगढ़ छतरपुर ग्वालियर मुरैना भिंड श्योपुर सहित अन्य कई जिलों में कड़ाके की ठंड पडने के आसार जताए गए हैं

प्रवेश पत्र वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते हैं